आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प तें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सत्र के पहले दिन सदन में अन्प्रक बजट पेश किया गया

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश समेत सभी सदस्यों ने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना की कोरोना संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में वर्च्अली प्रतिभाग किया

यातायात रूट भी डायवर्ट किया गया है किसानों से वार्ता सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उऩसे मुददों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है पत्र में कहा गया है कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छ्क है इससे पहले किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया था इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रदद हो गई थी इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केन्द्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर हैं

इनमें स्वास्थ्यकर्मी प्लिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं

उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की स्रक्षा और असर को लेकर है इस विषय पर प्री सतर्कता बरती जायेगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जायेंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली ख्राक दी जा सके

राज्य मंत्री ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों की समीक्षा बैठक से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वापस लौटा दिया और विभाग के सचिव को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिये बैठक के दौरान डॉ रावत ने लोनिवि के अधिकारियों से चार मोटरमार्गो के मरम्मत और डामरीकरण की प्रगति रिपोर्ट जाननी चाही जिसका वो जवाब नहीं दे पाये मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ गई है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं देहरादून टिहरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कोहरा और पाले ने ठिठ्रन बढ़ा बागेश्वर जिले के कपकोट दी है खाती बाछम खरकिया क्वारी कर्मी समडर जांतोली आदि स्थानों पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं यहां पारा शून्य तक पहंच रहा है मौसम को देखते हए डाक्टरों ने लोगों को बाहर कम निकलने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है इस बार सर्दियों में औसतन बारिश कम होने के कारण आसमान साफ होने से पाला अधिक गिर रहा है

पाला फसलों के लिए भी घातक है कम बारिश के कारण सिंचाई नहीं होने से जहां गेहूं की फसल चौपट हो रही है

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में उत्तरकाशी चमोलीरुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ ज़िलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में कोहरा छाए रहने और मौसम श्ष्क रहने की संभावना है

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी को प्रतिदिन योग और व्यायाम करना चाहिए स्वास्थ्य ही जीवन का अमूल्य धन है इसलिए स्वास्थ्य के बारे में हर व्यक्ति का जागरूक होना जरूरी है कार्यक्रम में मौजूद पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए योग और आयर्वेद की दवाओं और न्स्खे का सेवन लाभकारी सिद्ध हुआ है आय्र्वेद में तमाम ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जिनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है इस अवसर पर योग आचार्य विपिन जोशी ने विधायकों और कर्मचारियों को योग के ग्र सिखाए लोक अदालत टिहरी में आज जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया

इनमें वाहन एक्ट प्लिस एक्ट वन विभाग एक्ट और आपदा प्रबंधन के मामले शामिल थे

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दृःख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्री वोरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश की राजनीति में यह एक अप्रणीय क्षति है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय वोरा ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली थी उन्होंने कई वर्षो तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया था